सीएम उरेडा म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पिरूल से बिजली उत्पादन में रोजगार में बहत संभावनाएं है इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को और अधिक एक्टिव करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि जिलास्तर पर डीएफओ को नोडल अधिकारी बनाया जाए मुख्यमंत्री ने उरेडा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा में कहा कि पिरूल नीति से बिजली उत्पादन के साथ ही वनाग्नि की समस्या का समाधान भी होगा पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूह और एनजीओ को कैसे जोड़ा जा सकता है इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय जिलों में पिरूल की अधिकता वाले ब्लॉकों में मॉडल ब्लॉक के रूप में काम शुरू किया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को ऐसे दो दो ब्लॉक को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए और उरेडा की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की कार्ययोजना जल्द तैयार कर ली जाय

उन्होंने मन्ष्यों तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति के बारे में एक वेबसाइट का भी श्भारंभ किया इस अवसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है जिसमें न सिर्फ पशुओं से प्रेम किया जाता है बल्कि उनकी हत्या करने को अश्भ माना जाता है जावडेकर ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में चारा और पानी की उपलब्धता बढाने की पहल की है

विश्व हाथी दिवस का आयोजन हाथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है

एशियाई और अफ्रीकी हाथियों को अवैध शिकार मन्ष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष तथा पालतू हाथियों के साथ द्व्यवहार जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है नाबार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दवारा कल कृषि और सहकारिता क्षेत्र के लिए शुरू किये गए कृषि अवसंरचना कोष का फायदा उत्तराखंड को भी होगा

इन समितियों को दो करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील चावला ने राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को सैद्धांतिक मंजूरी का पत्र सौंपा इन समितियों को कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने पर एक फीसद ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा इस अवसर पर सहकारिता राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत भी मौजूद थे रेब मंत्रालय रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे में भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन भारतीय रेलवे दवारा ही दिया जाता है और इसके लिए किसी भी निजी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया है

कोविड अपडेट राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

विधानसभा अध्यक्ष उतराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से आज सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता दिनेश चंद्रा ने भेंट कर गैरसैण में पेयजल आपूर्ति के लिए प्रस्तावित झील के संबंध में अब तक हई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी

उन्होंने कहा है कि इसके लिए गैरसैंण झील की डीपीआर पुनरीक्षित की जा रही है इसका कार्य लगभग एक महीने में पूरा हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण भराड़ीसैंण समेत पूरे क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए डीपीआर जल्द तैयार की जाए ताकि पेयजल के लिए प्रस्तावित झील का कार्य समय से प्रारंभ किया जा सके

उन्होंने कहा कि क्म्भ मेले में जनसुविधाओं को देखते हए सभी कार्य योजना बनाई जाए उन्होंने दिसम्बर के बाद होने वाले नए कार्यों को स्वीकृत न करने के निर्देश दिये

नगर विकास मंत्री ने कृम्भ के कार्यों में पारदर्शिता पर विशेष बल देते हुए कहा कि थर्डपार्टी मौके पर जाकर जांच करें सैम्पल लें औरएक्शन टेकन रिपोर्ट दे मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है राजधानी देहरादन समेत कई पर्वतीय जिलों में रविवार रात से बारिश हो रही है इससे जगह जगह न्कसान की खबर है देहरादन के कई निचले इलाके बारिश से जलमग्न हो गए घरों में पानी घुस गया और नदियों में तेज बहाव देखने को मिला उधर चमोली जिले के पोखरी तहसील में गोपेश्वर हापला मोटरमार्ग पर एक कार के ऊपर पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा आ गिरा इस घटना में पोखरी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की मृत्यु हो गई

तीनों लोग सुरक्षित हैं कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटरमार्ग पर भी आज सुबह एक कार पर बोल्डर गिरा जिससे तीन लोग घायल हो गए टिहरी जिले के गंगी गांव में भारी बारिश के कारण गदेरे में आये मलबे से कई मवेशी बह गए इसके अलावा कई कच्चे निर्माण और घराट भी बह गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से क्षति का जायजा लेने के लिए एसडीएम घनसाली के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक टीम गंगी गांव पहंच गई है जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि गंगी गांव में बादल फटने की सूचना मिली थी बारिश से आये मलबे के कारण जिले की कई सड़कें बंद हैं उधर बागेश्वर जिले में रविवार से हो रही बारिश आज दोपहर तक जारी रही बारिश से कपकोट तहसील क्षेत्र में दो मकान क्षतिग्रस्त हो गए

यातायात बाधित होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कपकोट और दग नाक़री तहसील में सरयू नदी उफान पर है जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि आपदा कंट्रोल रूम अलर्ट हैं बंद सड़कों को खोलने के लिए मशीनें लगाई गई है पिथौरागढ जिले में भी लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है जगह जगह मलवा गिरने से यातायात बाधित है

आपदा मित्र प्रशिक्षण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय टीम ने आज हरिद्वार का दौरा किया इस दौरान टीम ने आपदा के समय प्रभावित लोगों की मदद करने और इबने वालों को बचाने के प्रबंधन की रिहर्सल का जायजा लिया दिल्ली से आये एनडीएमए के संयुक्त सचिव रमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने आपदा मित्रों के साथ बैठक की साथ ही बाढ़ के समय फंसे हए लोगों को निकालने और घायलों की जान बचाने को लेकर आपदा मित्रों की कार्यप्रणाली का प्रस्तुतीकरण देखा उन्होंने कहा कि आपदा में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम के साथ आपदा मित्रों का तालमेल होना जरूरी है उन्होंने कहा कि कहीं भी आपदा आती है तो सबसे पहले वहां आपदा मित्र पहंचते हैं इस दौरान हरिदवार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिदवार बाढ़ की दृष्टि से काफी संवेदनशील ह